राज्य के सभी मतदान केंद्रों में आज और कल लगेंगे विशेष शिविर नाम जोड़ने हटाने सुधार और ब्रथों के स्थानांतरण से संबंधित लिये जाएंगे आवेदन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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि अगले कुछ सप्ताहों में भारत के पास कोविड महामारी से बचाव के लिए टीका उपलब्ध हो जायेगा महामारी के बारे में वर्चुअल सर्वदलीय बैठक में कल श्री मोदी ने कहा कि देश में अभी महामारी के आठ संभावित टीकों का विकास परीक्षण के विभिन्न चरणों में है श्री मोदी ने कहा कि आज सारी दुनिया कोरोना महामारी के किफायती और कारगर टीके की भारत से उम्मीद कर रही है श्री मोदी ने कहा कि टीकों के समुचित भंडारण और आपूर्ति के लिए पर्याप्त शीत भंडारण सुविधाओं का विकास किया जा रहा है उन्होंने बताया कि भारत ने वैक्सीन के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर भी बनाया है श्री मोदी ने कहा कि देश में सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मियों और महामारी से निपटने में लगे अग्रिम पंक्ति के योद्वाओं को टीके लगाये जायेंगे प्रधानमंत्री ने बताया कि टीकों का मूल्य राज्य सरकारों के परामर्श से तय किया जायेगा और आमजन के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी राज्य में पिछले चौबीस घंटे के दौरान दो सौ उन्नीस नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए वहीं दो सौ छह लोग स्वस्थ हुए इस तरह पूरे राज्य में अबतक संक्रमण के एक लाख नौ हजार नौ सौ नब्बे मामले मिल चुके हैं इनमें से एक लाख सात हजार चौहतर लोग कोरोना को मात दे चुके हैं जबकि इलाज के क्रम में नौ सौ अठहतर लोगों की मौत हो चुकी है फिलहाल एक हजार नौ अड़तीस सक्रिय मामले हैं

इधर पिछले एक दिन में सबसे ज्यादा चौरानबे सक्रिय मरीज रांची से मिले हैं जबकि इसी जिले से सबसे ज्यादा सत्तर लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए हैं स्वास्थ्य विभाग ने रांची के ईटकी में मेडिको सिटी विकसित करने की योजना में कुछ बदलाव किए हैं अब यहां तीन सौ पचास करोड रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज और अस्पताल तीन सौ पचास करोड़ रुपए से मेडिकल एजुकेशनल हब एक सौ अठहतर करोड़ रुपए से सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल और पचास करोड़ रुपए की लाग से आयुर्वेद सेंटर बनाए जाएंगे ईटकी के टीबी सेनेटोरियम की लगभग सत्तर एकड़ जमीन पर पीपीपी मोड पर मेडिको सिटी बनाई जाएगी स्वास्थ्य विभाग ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को इसकी पूरी जानकारी दी राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के स्थायी आजिविका के लिए पहल तेज कर दी है इस सिलसिले में उन्हें कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के निदेशक ने बताया कि दूसरे राज्यों से अपने घर लौटने वाले लगभग तीन लाख श्रमिकों ने कॉल सेंटर के माध्यम से संपर्क किया है उन्होंने कहा कि सेंटर में अबतक दस हजार से ज्यादा युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा चुका है मतदाता सुची विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर आज और कल विशेष शिविर लगाए जाएगे इस शिविर में मतदाता सुची में नाम जोड़ने हटाने सुधार करने और मतदान केंद्र स्थानांतरण से संबंधित आवेदन लिए जाएंगे मतदाताओं की सहूलियत के लिए सभी मतदान केंद्रों में बीएलओ सभी प्रपत्र के साथ मौजूद रहेंगे

मतदाता सूची विशेष प्रनरीक्षण अभियान पंद्रह दिसंबर तक चलेगा वैसे युवक जिनकी उम्र अगले साल एक जनवरी को अठारह साल पूरी हो रही है वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं झारखंड उच्च न्यायालय ने प्रतिबंध के बाद भी राज्य में खुलेआम गुटखा और पान मसाला की हो रही बिक्री पर फिर नाराजगी जताई है मुख्य न्यायधीश डॉ रवि रंजन और न्यायधीश सूजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने पान मसाला और गुटखा पर प्रतिबंध लगाने की नीति तो बनाई लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से यह फेल हो गई है अदालत ने राज्य के एंट्री प्वाइंट पर ही गुटखा पान मसालों पर प्रतिबंध लगाने और दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया

राज्य के सभी पांच प्रमंडलों में नए सत्र से सीबीएसएई से संबंद्वता वाले कम से कम एक एक विद्यालय संचालित किए जाएंगे यहां निजी विद्यालयों की तरह सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कल स्कली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने के लिए सरकार सभी समुचित कदम उठाएगी उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि कक्षा आठ तक की कॉपियों का निर्माण कारा में बंद कैदियों से कराई जाए इन कॉपियों के पन्नों में जागरुकता से संबंधित जानकारी भी दी जाएगी उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की गुणवत्ता की जांच कराने के साथ उसे निखारने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे इसके अलावा यहां के विद्यार्थियों को इंजीनयरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर कोचिंग देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी बोकारो से पटना और कोलकाता के लिए विमान सेवा जल्द श्रू होगी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा छियालिस करोड़ रुपए की लागत से बोकारो हवाई अर्डे को विकसित करने का कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है प्राधिकरण कि अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत यहां से विमान सेवा शुरू किया जा रहा है रेलवे बोर्ड ने रांची जयनगर ट्रेन का विस्तार राउरकेला तक करने का फैसला लिया है यह ट्रेन सप्ताह में तीन दिन चलेगी राउरकेला से यह मंगलवार गुरुवार और शनिवार को प्रस्थान कर रांची और जयनगर तक जाएगी जबकि जयनगर से यह सोमवार बुधवार और शुक्रवार को खुलेगी हालांकि कोरोना संक्रमण के कारण इस ट्रेन का परिचालन बंद है झारखंड पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के सात उग्रवादियों की गिरफ्तारी के लिए ईनाम की घोषणा की है इसमें पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप पर पच्चीस लाख रुपए जिदन गुड़िया और तिलकेश्वर गोप पर दस दस लाख रुपए और अवधेश कुमार जायसवाल अजय पूर्ति शनिचर सुरीन तथा मंगरा लुगून पर दो दो लाख रुपए का ईनाम घोषित किया गया है इधर एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप की संपत्ति जब्त कर ली है

वे अभी परिवहन सचिव के पद पर हैं वहीं वर्तमान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राहल पुरवार दो साल के लिए अध्ययन अवकाश पर चले गए हैं

यह परीक्षा सोलह जिलों के एक सौ छब्बीस केंद्रों पर आयोजित होनी थी

उसके पास से चार वाकी टॉकी पोस्टर और एक ऑटो बरामद किया है अखबारों की सुर्खियां और आईये अब सुनते हैं राज्य से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने कोविड वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वदलीय बैठक करने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक हिंदुस्तान ने छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार से रिपोर्ट मांगने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है प्रभात खबर ने उनतीस दिसंबा को हेमंत सरकार के एक साल पूरे होने पर कई योजनाओं और कार्यक्रमों के शुभारंभ किए जाने से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से लिया है दैनिक भास्कर ने नए सत्र से झारखंड के सभी प्रमंडलों में सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के संचालन से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है दैनिक जागरण ने किसानों द्वारा आठ दिसंबर को भारत बंद बुलाए जाने से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर छापा है रांची एक्सप्रेस ने रांची के इटकी में मेडिको सिटी को विकसित किए जाने से संबंधित खबर को पहले पन्ने की लीड बनाई है अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने रांची में चौरानबे नए कोरोना मरीजों के मिलने की खबर को पहले पन्ने पर लिया है